देश में घरेलू विमान सेवाएं कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध

रेल विमाग ने देश में अगले दस दिन में दो हजार छह सौ श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी

रेलर्वे ने पूर्णबंदी के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्धालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन श्रू किया था चतरा जिला वासियों के लिए राहत भरी खबर है

महज डेढ़ घंटे में ही उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी श्रम मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने आज चतरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट और मशीन का उद्घाटन किया मंत्री की पहल पर राज्य सरकार ने चतरा सदर अस्पताल को कोरोना जांच के लिए मशीन और जांच किट उपलब्ध कराया है जांच किट और मशीन के उद्घाटन के साथ ही सदर अस्पताल में कोरोना जांच लेबोरेटरी ने काम करना प्रारंभ कर दिया इस मौके पर मंत्री ने कहा कि चतरा जिले में प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं इससे न सिर्फ जिले में कोरोना संक्र मण का खतरा बढ़ा हुआ है बल्कि लोगों को कोरोना जांच के बाद उसकी रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह से दस दिन तक का इंतजार करना पड़ता था मंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं और खाद्य सामग्री लोगों को उपलब्ध करा रही है महाराष्ट्र के सीएसएमटी से आज प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची इस ट्रेन से राज्य के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पांच जिलों के दो हजार एक सौा पैंसठ प्रवासी मेजदूर कोडरमा पहुंचे कोडरमा स्टेशन पर थर्मल स्कीनिंग के बाद सभी मजदूरों को भोजन का पैकेट और पानी की बोतल दिया गया और बसों में बिठाकर उन्हें गृह जिला के लिए रवाना किया गया इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हजारीबाग जिले के एक हजार दो सौ छत्तीस चतरा के एक सौ सतरह कोडरमा के तीन सौ चौवन रामगढ़ के बाइस और गिरिडीह के चार सौ छत्तीस प्रवासी अपने घर लौटे कल से दिल्ली हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें चरणबद्व तरीके से शुरू हो जाएंगी

दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कम्पनी डायल ने बताया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामशों के पालन के प्रबंध किये गये है और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है

लातेहार जिला प्रशासन की ओर से अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रयास शुरू कर दिये गए हैं

बरकाकाना रेलवे स्टेशन परिसर के निरीक्षण के दौरान उपायक्त और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन के बगल में वाहनों के लिए बनाए गए पार्किंग एरिया का जायजा लिया तथा नियमित अंतराल पर आ रही ट्रेनों को देखते हुए चालकों सहित अन्य लोगों के लिए बैठने हेतु शेड आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आ रहे लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक भेजने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया बरकाकाना रेलवे स्टेशन के बाद उपायुक्त और पूलिस अधीक्षक ने मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत का निरीक्षण कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए पिंडरा पंचायत में कोरोना संक्र मित व्यक्ति भिलने के बाद निरीक्षण के दौरान उपायूक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मांडू को विभिन्न माध्यमों से अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने तथा प्रत्येक पंचायत के मुखिया के साथ समन्वय कर ऐसे लोगों की सूची बनाते हुए सभी को अनिवार्य सरकारी क्वॉरेंटाइन में रखने का निर्देश दिया कांग्रेस की युवा नेत्री सह बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा है कि चतरा में सीसीएल के लिए कोयला दलाई करने वाले ट्रक मालिकों को बकाया भाड़ा का भूगतान अविलंब कराया जाएगा अगर कंपनियां भाड़ा का भूगतान सहजता से नहीं करती है तो उन्हें उनका अधिकार दिलाया जायेगा विधायक आज योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए चतरा के पिपरवार दौरे पर आयीं थी इस दौरान विधायक ने कहा कि अब विस्थापित लोगों को हर हाल में इंसाफ मिल कर रहेगा क्योंकि प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है उन्होंने कहा कि कोयलांचल में लोकल सेल का गठन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ बेलगाम कंपनियों पर लगाम कसा जाएगा

श्री सिंह की मृत्यु की खबर से बोकारो जिले में शोक की लहर है बेरमो स्थित उनके आवास पर लोगों का जमावडा लगा हआ है बेरमो विधायक े के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि श्री सिंह राजनीति से उपर उठकर हमेशा मानव समाज के हित की बात सोचते थे बेरमो विधायक के निधन से उधर गिरिडीह में शोक की लहर व्याप्त हो गई है बनियाडीह सीसीएल कोलियरी में यह खबर तेजी से फैल गई और सभी हतप्रभ हो गए श्री सिंह के निधन पर कोडरमा से कांग्रेस के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह मजदूर नेता एनपी सिंह ब्रुल्लू गांडेय के विधायक सरफराज अहमद गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कमार सोन पूर्व विधायक निर्भय कमार शाहाबादी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राय ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा दलगत राजनीति से हटकर काम किये हैं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

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बूखारी ने कहा है कि समूची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है और लोगों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए उन्होंने सभी मुसलमानों भाईयों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपने घर पर ही नमाज अदा करें खूंटी जिले के कर्रा में मस्जिद के सामने अंजुमन इस्लाभिया की ओर से बसों और द्रकों में सवार घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों को प्रतिदिन पानी की बोतल खीरा और तरबूज मुहैया कराया जा रहा है गूजरात से देवघर जा रहे प्रवासी मजदूर और छात्र कर्रा में मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित राहत केंद्र पर रूक रहे हैं और खाद्य सामग्री प्राप्त कर गरमी में राहत महसूस कर रहे हैं वहीं कर्रा स्थित अंजुमन इस्लामिया के सदस्य भी जरूरतमन्दों को पानी तरबूज देकर ईद के पूर्व रमजान के पाक माह में संतोष व्यक्त कर रहे हैं इनका कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में लोगों की सेवा का अवसर हमारे लिए बरकत का माह बन गया बड़े छोटे वृद्ध युवा सभी जरूरतमन्दों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं प्रतिदिन तोरपा कर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर महाराष्ट्र तमिलनाडु उड़ीसा मध्यप्रदेश समेत विभिन्न जिलों से लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है बोकारो स्टील सिटी के हरला थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर आठ से आज पुलिस ने एक प्रवासी श्रमिक का शव फांसी लगी हुई स्थिति में बरामद किया

मृतक अपने बहनोई के क्वाार्टर में सोने के लिए गया था जहां से उसका शव फांसी लगी स्थिति में बरामद हुआ